केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कहा कि कर का दायरा बढ़ाने के लिये सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा करनाल जिले में तीन नये प्लिस थाने खोले गये है मौसम विभाग ने कल हरियाणा में भारी वर्षा होने की भविष्यवाणी की है रक्षामंत्री राजनाथ ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि यह शिमला समझौजे के खिलाफ है लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बयान देते हये रक्षा मंत्री ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर सदन मे पहले ही स्पष्ट कर च्के है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पिछले महीने ओसाका में अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा था उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं की बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर भी मौजूद थे

डीएमके और टीएमसी सहित कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने रक्षामंत्री के बयान से पहले वाकॅआउट कर दिया केन्द्रीय मंत्री डा जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार अन्बंध आधार पर रखे कर्मचारियों के कल्याण के लिये पिछले पांच वर्षो मे कई निर्णय लिये है

उन्होंने कहा कि सरकार कई नियमों को समाप्त् करने की कोशिश कर रही है जो अप्रचलित हो गए है मंत्री ने कहा कि अन्बध आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों के हितों की स्रक्षा सरकार द्वारा श्रम कानून के तहत जा रही है आज आयकर दिवस मनाया जा रहा है केन्द्रीय वित्तएवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कहा कि कर लगाने के पीछे बड़ा सिद्वांत धन का बेहतर और समान प्र्नवितरण है और विकास की ओर अग्रसर कोई भी देश राजस्व प्राप्ति की अनदेखी नहीं कर सकता श्रीमती सीता रमन नई दिल्ली में आयकर दिवस से सम्बधित एक समारोह में म्ख्य अतिथि के तौर पर बोल रही थी

श्रीमती सीतामरन ने ने पिछले पांच वर्षो में कर वसूली दोग्नी होने पर आयकर विभाग को बधाई दी वित्तमंत्री ने कर का दायरा बढ़ाने के महत्व पर ज़ोर दिया उन्होंने कहा कि इसके लिये आयकर के सभी विभागों को मिलकर काम करना चाहिए उन्होंने अधिकारियों को यह भी याद दिलाया कि करदाताओं में विश्वास पैदा करने की जरूरत है वित्तमंत्री ने कहा कि समन्वित कार्रवाई और तकनीक के इस्तेमाल से कर चोरी को कम किया जाना चाहिए इस मौके पर मंत्री ने टैक्स लॉग नामक ई जर्नल का विमोचन भी किया जो कर सम्बधी चर्चाओं को स्विधाजनक बनायेगा इस अवसर पर वित्तमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोक सम्पर्क कार्यक्रमों के लिये आयकर दवारा तैयार की गई विज्ञापन किट जारी की गई उच्चतम न्यायालय में अरावली खनन के मामले पर दायर याचिका की स्नवाई परसो की की जायेगी

इस समारोह में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित करेंगे शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री स्शासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक तथा स्कूल शिक्षा विभाग के महानिदेशक डॉ राकेश गृप्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हए बताया कि सक्षम कार्यक्रम राज्य सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो प्रदेश भर के विद्यालयों में चलाया जा रहा है और म्ख्यमंत्री कार्यालय दवारा इसकी देखरेख की जाती है इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को कक्षान्रूप योग्यताओं में दक्ष बनाना है यह कार्यक्रम प्रदेश भर में पढऩे पढ़ाने के तौर तरीकों में बदलाव लेकर आया है

जहां जहां गड्ढों की शिकायत मिलती है उसकी जानकारी हरपथ एप्प पर डाले गड्ढों को त्रन्त भरने के लिए एक विशेष अभियान चलाए और हर सप्ताह इसकी कार्य प्रगति रिपोर्ट मुख्यालयों को भिजवाना सुनिश्चित करे राव नरबीर आज चंडीगढ़ में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र से विडियो कान्फेसिंग के माध्यम से सर्कल अधीक्षक अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे बैठक में राव नरबीर सिंह ने कहा कि सडक़ों पर गड़ढों के कारण द्र्घटनाओं पर म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भी कड़ा संज्ञान लिया है जहां तक संसद में चल रहे मौनसून सत्र में भी यह म्ददा उठ रहा है क्लदीप बिश्नोई के हिसार स्थित आवास पर आयकर विभाग की जांच दूसरे दिन भी जारी रही सुरक्षा के मद्देनज़र छापेमारी के दौरान प्लिस बल तैनात किया गा आयकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार आज शाम तक जांच प्री हो सकती है हमारे संवाददाता ने बताया कि क्लदीप बिश्नोई के समर्थक उनके घर के सामने बैठे है आयकर विभाग के अधिकारियों दवारा कृलदीप बिश्नोई के घर मे जो भी सामान ले जाया जा रहा है समर्थक उसकी जांच कर रहे है समाचार मिलने तक छापामारी का दौर जारी था यम्नानगर नगर निगम की ओर से बेटियों को समर्पित लाडो पार्क बनाया जायेगा

इसके अलावा कैंप एरिया का पार्क भी विकसित किया जायेगा

इसके लिये शीघ्र टेंडर आंवटित करने का काम भी आरंभ कर दिया जायेगा करनाल जिले मे अपराध पर अकृंश लगाने व लोगों को अतिरिक्त स्रक्षा सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से तीन नये प्लिस थाने खोले गये है

मौमस विभाग ने हरियाणा में कल भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की

मौसम विभाग के अन्सार आज कही कही हल्की बारिश दर्ज की गई है

विभाग ने आगामी दो दिनों में प्रदेश के बह्त से हिस्सों में बारिश के साथ अंधड़ चलने का अन्मान भी लगाया है